मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले चार वर्षों में किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसानों को उनके उत्पाद को इच्छानुसार कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता देते हैं मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में मिशन किसान कल्याण के तहत आयोजित प्रदर्शनी और किसान मेले का उद्घाटन करने के बाद किसाना को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषक उत्पादक संगठनों के बारे में जानकारी देने वाले एफपीओ शक्ति पोर्टल का भी उद्घाटन किया प्रदेश सरकार के कार्यकाल के चार वर्ष पूरे होने पर मिशन किसान कल्याण के तहत आज प्रदेश के सभी विकास खंडा में प्रदर्शनी और किसान मेलों का आयोजन किया गया है अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री फसल सुरक्षा बीमा योजना मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है श्री योगी ने कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का डेढ़ गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में चीनी मिलों को पुनः संचालित करने के लिए गंभीरता से प्रयास किए हैं

मुख्यमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया उन्होंने कहा कि इन संगठनों की मदद से किसानों को बैंकों से जोड़ने और उन्हें वृहद बाजार उपलब्ध कराने में मदद मिलती है

प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर भाजपा के मंत्री सांसद और विधायक सरकार के कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं शाहजहांपुर में आज इस अवसर पर गांधी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा चार वर्षों में कराये गये विकास कार्यों की विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने महिलाओं को विधवा पेंशन के प्रमाण पत्र वितरित किये पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार के चार वर्ष की उपलब्धियां जनता के सामने हैं उन्होंने कहा लोगों के विश्वास पर खरा उतरने का काम योगी सरकार ने किया है उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे बनने से प्रदेश में चौतरफा विकास हो रहा है और लोगों को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं बाइट इस तरह से यह कोशश है कि प्रदेश को उत्तम बनायें आज चाहे एक्सप्रेस वे हो चाहे प्रदेश में कनेक्टविटी हो चाहे रोजगार के अवसर हो हर तरीके से यह कोशिश की है वर्तमान सरकार ने कि चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़े हर क्षेत्र में देखिए चाहे गड़ढ़ा मुक्त सड़कें हो चाहे चिकित्सा क्षेत्र का मामला हो चाहे कोरोना के बारे में उसके फैलाव के रोकने की स्थिति हो हर प्रकार से यह कोशिश की गई कि जन सामान्य को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले कानपुर के जाजमऊ में आज प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चार वर्षों में कराये गये विकास कार्यों की विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अविकसित क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा रहा है राज्य में कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है

सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध है उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य कराये जा रहे है प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज शामली में किसान मेल का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के साथ कार्य कर रही है योगी सरकार में स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं लोगों को बेहतर तरीके से मिल रही है मेरठ प्रतापगढ़ बरेली मऊ कौशाम्बी सहित विभिन्न जनपदों में प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें जन प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार किया

भारत में अब तक करीब साढ़े चार करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है

केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई नगर वन योजना शहरी वनों के विस्तार में मदद करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि इस योजना से शहरों और गांवों में वन क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो सकगा उन्होंने भारत के लगभग हर ग्राम समूह के आसपास वन क्षेत्रों के विकास और उनकी देखभाल की परंपरा का उल्लेख किया

आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज से बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय में तीन दिन का शहनाई उत्सव आयोजित किया जा रहा है संगीत नाटक अकादमी और विश्वविद्यालय का संगीत कला और प्रदर्शन संकाय प्रख्यात शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान की याद में संगीत संध्या अयोजित कर रहे हैं

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ चित्रकूट जिले में राजापुर थाना क्षेत्र के खोपा गांव में जहरीली शराब पीने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि दो लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है